आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत आधार हैं उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दम खम दिखाया है

कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण हैं संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है साथियो देश का कृषि क्षेत्र हमारे किसान हमारे गाँव आत्मनिर्भर भारत का आधार है ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींवे मजबूत होगी श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है फल सब्जियों के लिए ही नहीं अपने खेत में वो जो पैदा कर रहें हैं धान गेहूं सरसों गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ ज्यादा दाम मिले वहीँ पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है श्री मोदी ने कहा कि खेती में नए नए तौर तरीके अपनाने की आवश्यकता है निजी स्कूल फीस कोरोना संक्रमण काल के दौरान निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से ली रही फीस को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश और पालकों की ओर से मिल रही शिकायतों के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने लॉकडाउन की अवधि में निजी स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस की जानकारी मांगी है इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने प्रदेश के समी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं निर्देश में फीस से संबंधित सारी जानकारी निजी स्कूलों से जुटाने के लिए कहा गया है हमारे बिलासपुर संवाददाता ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूलों को छात्रों की फीस से संबंधित जानकारी दो दिनों के भीतर जिला शिक्षा कार्यालय में देने के निर्देश दिए हैं वहीं राजनांदगांव जिले में भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी स्कूलों को छात्रों से ली जा रही फीस के संबंध में जानकारी देने को कहा गया है कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या एक लाख को पार कर गई है राज्य में अब तक करीब सत्तर हजार लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं वहीं फिलहाल करीब तीस हजार लोगों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है महासमुंद जिले में कोरोना वायरस नियंत्रण और रोकथाम के लिए कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी अब मरीज के पॉजीटिव मिलने पर कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के दौरान उन्हें मौके पर ही उपचार के लिए होम आइसोलेशन या नजदीकी कोविड केयर सेंटर के चयन की सुविधा मिल सकेगी इस बीच महासमुंद जिले में लागू लॉकडाउन अवधि में किसानों को कीटनाशक दवाइयों की होम डिलीवरी दी जा रही है इसके तहत किसान कृषि कार्यालय के उप संचालक और संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के फोन नंबर पर सबह दस बजे से शाम छह बजे तक संपर्क कर सकते हैं जिसके बाद मांगे के अनुसार कीटनाशक दवाइयां संबंधित किसान के घर पर उपलब्ध करा दी जाएंगी इधर दूर्ग जिले में होम आइसोलेशन मैनेजमेंट का मॉडल सफल हो रहा है इस व्यवस्था के तहत रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने वाले मरीजों को मौके पर ही मेडिकल किट दी जाती है वहीं आरटी पीसीआर से टेस्ट कराने वाले मरीजों को कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग टीम द्वारा उनके घरों पर ही दवाई और अन्य सामान प्रदान किया जाता है पहले से किसी अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों का रिकॉर्ड होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम में अलग से रखा जाता है ताकि आपात स्थिति में उन्हें बीमारी के अनुसार त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके उधर नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुविघाओं में और विस्तार किया जा रहा है इसके तहत जिले को अत्याध्रनिक दो नई एंबुलेंस वाहन दी गई है कोरोना ऑक्सीजन विस्तार इस बीच प्रदेश में कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन की सुविघा वाले बिस्तरों की संख्या करीब नौ हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत राज्य में पांच हजार तीन सौ तेरह और बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है इनमें दो हजार पांच सौ छत्तीस बिस्तरों पर पाइप लाइन से ै और दो हजार सात सौ से अधिक बिस्तरों पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के जरिये ऑक्सीजन पह ंचाई जाएगी इसके अलावा कई नये कोविड सेंटर्स में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लिक्विड टैंक और अधिक क्षमता के सिलेंडरो से पाइप लाइन द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था स्थापित की जा रही है जल्द ही प्रदेश के नौ कोविड अस्पतालों के दो हजार अट्ठाईस बिस्तरों पर मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा मिलने लगेगी वहीं क्षेत्रीय कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा के साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए समी जिलों में ऑक्सीजन सुविधा वाले कोविड केयर सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष पोर्टल तैयार किया है जिसके जरिये कोरोना संक्रमण की जांच कराने वाले लोग अपनी रिपोर्ट सीघे ऑनलाइन देख सकेंगे स्वास्थ्य विभाग के इस पोर्टल सीजीहेल्थ डॉट एनआईसी डॉट इन पर क्लिक करना होगा व्यक्ति इस पोर्टल के जरिये अपनी रिपोर्ट का प्रिंट भी ले सकता है ऑक्सीजन कीमत राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण एनपीपीए ने निर्माताओं के स्तर पर तरल मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम कीमत पन्द्रह रूपये बाईस पैसे प्रति घनमीटर तय करने का फैसला किया है इस मुल्य में जीएसटी शामिल नहीं है प्राधिकरण के अनुसार कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के कारण देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है मूल्य की अधिकतम सीमा न होने के कारण निर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने वालों के लिए दाम बढ़ा दिए थे प्राधिकरण ने कहा है कि देशमर में मेडिकल ऑक्सीजन निरंतर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण करना अनिवार्य है सिलेंडर भरे जाते समय अधिकतम कीमत पच्चीस रुपए इकहत्तर पैसे प्रतिघन मीटर तय की गई है ये दरें छह महीने के लिए लाग होंगी विश्व पर्यटन दिवस आज विश्व पर्यटन दिवस है इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को कृषि पर्यटन राज्य के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है राज्यपाल ने आज छत्तीसगढ़ पर्यटन पर आधारित एक स्मारिका का ऑनलाइन विमोचन करते हुए कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही उनकी आय भी बढ़ेगी जिससे माओवाद समस्या के निराकरण में मदद मिलेगी वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को पर्यटन दिवस की बघाई देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में हर तरह के पर्यटन स्थल हैं राज्य सरकार प्रदेश के पौराणिक महत्व और इसकी खूबसूरती से देश दुनिया का परिचय कराने के लिए प्रयासरत् है इस मौके पर राज्य के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं इस बीच केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के तहत जगदलपुर बिलासपुर और अंबिकापुर के हवाई अड्डो का विकास करने के लिए सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है हमारे सरगुजा संवाददाता ने बताया कि इससे उत्तर छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

इस वर्ष का विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास

इसे संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र को संशक्त बनाने का सपना देखा था उसी सपने को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आत्मनिर्भर अभियान के माध्यम से पूरा करने में जुटे हुए हैं जिसमें हम सबकी सहभागिता जरूरी है उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में नैतिकता बनाए रखना आवश्यक है

इस दौरान डॉक्टर शुक्ला ने जिले के कंगोली पटेलपारा पोटानार और सिंघनपुर में संचालित मोहल्ला कक्षाओं का निरीक्षण किया इस मौके पर उन्होंने बच्चों को दी जा रही शिक्षा को और बेहतर बनाने को सुझाव दिए प्रमुख सचिव ने केबल टीवी के माध्यम से ली जा रही वर्च्यअल क्लास का भी अवलोकन किया साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी स्कूल का जायजा भी लिया इस दौरान उन्होंने बच्चों के चहुंमुखी विकास पर जोर दिया डॉक्टर शक्ला ने कहा कि बच्चों को कला संस्कृति और खेल जैसे क्षेत्रों में पारंगत करने की आवश्यकता है उन्होंने जगदलपुर में बन रहे पुस्तकालय भवन को भी निरीक्षण किया गौरतलब है कि यह प्रस्तकालय भवन बच्चों से लेकर बुज़ुर्गो तक समाज के हर वर्ग के लिए तैयार किया जा रहा है कांकेर पत्रकार हमला कांकेर में एक पत्रकार पर हुए हमले के मामले में पुलिस के अनुसार अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है इस प्रकरण की विवेचना जारी है इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कांकेर भें पत्रकार कमल शुक्ला सहित अन्य पत्रकारों पर हुए हमले की घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक और कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं मरवाही उप निर्वाचन प्रदेश के मरवाही विधानसभा उप चुनाव के दौरान उत्कृष्ट सेल्फी भेजने वाले मतदाताओं को दो हजार रूपये का इनाम दिया जाएगा इसके लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रो पर वोटर सेल्फी जोन की स्थापना की जाएगी मतदाता वोटर सेल्फी जोन में मोबाइल से अपनी सेल्फी खींच सकेंगे साथ ही मतदाता अपनी सेल्फी सोशल मीडिया या ई मेल के माध्यम से मतदान दिवस के तीसरे दिन की समाप्ति तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय को भेज सकेंगे गौरतलब है कि युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह अभिनव पहल की जा रही है माओवादी गिरफ्तार छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के इनामी माओवादी को मध्यप्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले की मलाजखंड पलिस ने माओवादी बादल मरकाम को समनापुर के बादाटोला से गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर छत्तीसगढ़ राज्य ने दो लाख रूपये का और मध्यप्रदेश ने दस लाख रूपये का इनाम घोषित किया था बताया जाता है कि यह माओवादी कबीरधाम जिले में हई विभिन्न माओवादी घटनाओं में भी शामिल रहा है इसके कारण कबीरधाम की पुलिस भी इस माओवादी को गिरफ्तार कर प्रछताछ के लिए छत्तीसगढ़ लेकर आएगी मौसम वर्तमान में मानसून द्रोणिका मौजूद रहने के कारण छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई होने में अभी समय है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश से मानसून विदाई शुरू होने में कम से कम एक सप्ताह और लगने की संभावना है इधर अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सीमावर्ती राज्यों के ऊपर एक मानसून द्रोणिका बनी हुई है साथ ही एक द्रोणिका उप हिमालियन क्षेत्र से उत्तर तटीय आंध्रप्रदेश तक स्थित है जिसके कारण प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है संक्षिप्त समाचार भारतीय रेलवे द्वारा इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है इसी कड़ी में आज रायपुर रेलमंडल के विभिन्न स्टेशन पर स्वच्छ स्टेशन परिसर थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए जांजगीर चांपा जिले में नगर सैनिक की हत्या के मामले में नवागढ़ थाने की पुलिस ने दो नाबालिग एक नगर सैनिक सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है दर्ग जिले के कम्हारी थाना क्षेत्र के कगदा गांव में एक महिला पर उसी के परिवार की एक अन्य महिला द्वारा टोनही होने का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है राजनांदगांव जिले में गंडई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साकेत द्वे सहित छह पार्षदों के पार्टी से इस्तीफा देने की खबर है महासमुंद जिले में पिथौरा वन परिक्षेत्र के किसनपुर में कल हुई मादा हाथी की मौत के मामले में सात ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में लहंगर गांव के बघर्रा नाला के पास दो ऊंट सहित तीन बकरी मृत पाए गए हैं